मुख्यमंत्री ने कल शिमला में हिमाचल प्रदेश ट्रेडर वैल्फेयर बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि व्यापारियों की सुविधा के लिए सरकार जीएसीटी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रयासरत है और इसे व्यापारियों के हित में बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे

विधानसभा प्रदेश विधानसभा के शिमला में चल रहे बजट सत्र के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही सुबह ग्यारह बजे शुरू होगी प्रश्नकाल व अन्य शासकीय कार्यों के साथ आज सदन में अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा और विभिन्न विधेयक प्रस्तुत होंगे राज्यपाल के अभिभाषण पर विधायक राजीव बिंदल धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे और मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा प्रस्ताव का अनुसमर्थन करेंगे

अनुराग ठाकर केन्द्रीय वित्त व व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल सीएसआईआर हिमालय जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर का दौरा किया अनुराग ठाकुर ने संस्थान द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों की सराहना करते हुए आशा जताई कि संस्थान द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भता की ओर ले जा सकतीं हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है पंजाब केसरी की सुर्खी है हैरिटेज शिमला कालका और पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन के सभी डिब्बे बदलेंगे दैनिक जागरण का शीर्षक है कालका शिमला रेललाइन पर रेलगाड़ियों में लगेंगे विशेष डिब्बे तीखे मोड़ सुधारे जाएंगे बढ़ेगी रेलगाड़ी की रफ्तार दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल से छिना ड्रीम प्रोजेक्ट लेह तक रेललाइन का सपना चकनाचूर हिमाचल दस्तक ने लिखा है पांवटा जगाधरी रेललाइन का फिर होगा सर्वे कालका शिमला हेरिटेज रेललाइन की होगी रि एलाइनमेंट दैनिक भास्कर के मुताबिक शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर बढ़ाई जाएगी ट्रेन की स्पीड दोबारा होगा सर्वे आपका फैसला व अजीत समाचार के एक जैसे शब्द हैं जगाधरी पांवटा साहिब रेल लाईन का नए सिरे से होगा सर्वेक्षण हिमाचल दस्तक की एक खबर है निजी भवनों की मंजिलों में अब कैबिनेट दे सकेगी छूट ग्राम व नगर नियोजन अधिनियम में संशोधन अधिसूचना जारी भाजपा विधायक के खाते फ्रीज शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है सर्विस टैक्स न च्रकाना पड़ा महंगा केन्द्रीय जीएसटी डिपार्टमेंट ने की कार्रवाई जबकि पंजाब केसरी की सुर्खी है तीन साल का करोड़ों का सीजीएसटी न चुकाने पर भाजपा विधायक का खाता सीज प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री के हवाले से डेमोक्रेसी हिमाचल ने सुर्खी दी है विधानसभा परिसर में हुए घटनाक्रम के मास्टर माइंड जयराम